मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि कानून मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए जिस पर सरकार सहमत है

वहीं गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हई हिंसक वारदात पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी सड़कों का शिलान्यास केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर में दो सड़कों और एक प्ल का शिलान्यास किया

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बसेड़ी ऐथल सराय सड़क और ः मखेड़ी सोलानी प्ल का भी शिलान्यास किया उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय मंत्रालय के पास है उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लक्सर रुड़की और बसेड़ी ऐथल सराय की सड़कों की हालत काफी समय से खराब थी और लोगों की परेशानी को देखते हुए इन सड़कों का निर्माण होना जनहित में जरूरी था

इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में केन्द्रीय राज्य मंत्री के साथ हई सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि भूमि की वैल्यूएशन के लिए केंद्रीय ऊर्जा सचिव और प्रदेश के सिंचाई सचिव मिलकर समाधान निकालेंगे उन्होंने बताया कि टीएचडीसी का मुख्यालय ऋषिकेश से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होगा टीएचडीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी

अभी तक जिले में वैक्सीन की खुराक लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में कही कोई गंभीर प्रभाव नहीं मिला है टीका लगावाने के बाद सभी हेल्थ वर्कर सामान्य रूप से अपना काम कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मियों के टीकाकरण अभियान में भी तेजी थ रही है

सभी बूथों पर वैक्सीनेशन कार्य तेजी से चल रहा है

जिला स्तर पर दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर के टीकाकरण हेत् भी तैयारियां पूरी कर ली गई है

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह स्निश्चित किया जाए कि वैक्सीनेशन के लिए चयनित स्वास्थ्यकर्मियों और ंगनबाड़ी कार्यकत्रियां सेंटरों पर अनिवार्य रूप से पहंचे उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटरों में काउंसलर के माध्यम से टीकारकरण के लिए थे ये लाभार्थियों की काउंसलिंग भी की जाय और टीकाकरण के संबंध में उनके भ्रम और संशय का निवारण किया जाय

उन्होंने कहा कि कई अन्य राज्य इस योजना को अपने राज्य में लागू करने की सोच रहे हैं

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत धनराशि की व्यवस्था की गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर राज्य सरकार ने इसको लेकर प्रयास शुरू कर दिये हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोधार प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसके बजट को लेकर उन्होंने उर्जा मंत्री को पत्र लिखकर बजट की मांग की है इसके साथ ही अन्य मदों से भी बजट की व्यवस्था की जा रही है

यात्री इनकी बुकिंग करा सकते हैं कोविड गाइडलाइन के अन्रूप इसमें व्यवस्था की जा रही है

इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है महात्मा गांधी की पृण्यतिथि पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने दिल्ली भ्रमण के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में राष्ट्रपिता को श्रदधांजलि अर्पित की उधर हरिदवार स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल में श्रद्धांजलि समारोह थ योजित किया गया कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर विस्तार से प्रकाश डाला और अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की

एकांश में कार्यरत कर्मियों ने समाचार कक्ष में साफ सफाई के साथ ही स्वच्छता की शपथ ली जीएम निरीक्षण प्वोत्तर रेलवे गोरखप्र मंडल के महाप्रबंधक विनय क्मार त्रिपाठी ने कहा है कि जल्द ही टनकप्र स्टेशन से ट्रेनों का संचालन श्रू हो जाएगा

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण लम्बे समय से ट्रेनों का संचालन बन्द पड़ा था जिसे श्रू किया जा रहा है जनशताब्दी दौड़ने के लिए तैयार खड़ी है उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य ट्रेनों का भी जल्द संचालन शुरू होगा सदैव दुन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि तकनीक के माध्यम से व्यवस्थाओं को ठीक करने और जनता से जुड़ी समस्याओं के निवारण में स्मार्ट सिटी का मॉडल बह्त कारगर साबित होगा स्मार्ट सिटी के सेंटर से तमाम समस्याओं को नियंत्रित करने में सुविधा होगी मुख्यमंत्री ने देहरादून में सदैव दून दून इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर सेवा का श्भारम्भ किया मुख्यमंत्री ने दून सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास भी किया

इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास एवं वास सचिव द्र्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि दून इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर की सेवा यहां के नागरिकों के जीवन में बह्त सुधार लायेगी उन्होंने कहा कि देहरादून में इंक्यूबेशन सेंटर की शुरू त भी हो रही है जोह एक महत्वपूर्ण कदम है इस सेंटर के माध्यम से य्वाओं में सुजनात्मकता का विकास होगा